मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आयुर्वेद के लिये प्रदेश में अत्यधिक संभावनाएं हैं उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा से प्रदेश में आयुष मंत्रालय का गठन किया गया कानपुर में आज आयुर्वेद पर्व पर आयोजित अखिल भारतीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आयुर्वेद से जुड़े विशेषज्ञों को अपने संकोच को छोड़ कर आयर्वेदिक पद्वति से उपचार करना चाहिये उन्होंने कहा कि आयुर्वेद के वास्तविक मर्म को आम जन तक पहुंचाया जाना जरूरी है उन्होंने किसानों की आय को दोगना करने के लिये आयुर्वेद से जुड़ी जड़ी बूटियों और पौधों की खेती को प्रोत्साहन देने पर बल दिया श्री योगी ने कहा कि प्रदेश में जितने भी एलापैथ कॉलेज है उनके लिये एक अलग से चिकित्सा विश्वविद्यालय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेई के नाम से लखनऊ में स्थापित किया जा रहा है उन्होंने कहा कि आयुर्वेद के लिये भी विश्वविद्यालय बनाने के लिये कार्य योजना बनाई गई है इस अवसर पर केन्द्रीय आयुष राज्य मंत्री श्रीपद यस्सो नाईक ने कहा कि आयुर्वेद की मांग बढ़ने के कारण इसकी महत्ता बढ़ी है उन्होंने कहा कि आयुर्वेद द्वारा जीवन शैली जनित रोग दूर किये जा सकते हैं और स्वास्थ्य जागरूकता लाई जा सकती है

सरकार ने पहलो बार महिलाओं को अधिकारी स्तर से नीचे के रैंकों में मिलिट्री पुलिस में शामिल करने का फैसला किया है रक्षामंत्री निर्मला सीतारमन ने एक ट्वीट संदेश में कहा कि महिलाओं को सेना में चरणबद्ध तरीके से शामिल किया जाएगा और मिलिट्री पुलिस में बीस प्रतिशत महिलाएं होंगी उन्होंने कहा कि सेना पुलिस में महिलाओं को शामिल करने का फैसला सशस्त्र सेनाओं में उनके प्रतिनिधित्व को बेहतर बनाने के लिए किया गया ह इस समय महिलाओं को चिकित्सा कानून शिक्षा सिग्नेल और इंजीनियरिंग शाखाओं में लिया जाता है पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा है कि पंचायती राज संस्थाएं किसी भी देश की सफलता और सुशासन प्रणाली की रीढ़ हैं

श्री तोमर ने कहा कि इन संस्थांओं में महिलाओं की भागोदारी गांव के विकास के लिए महत्वपूर्ण है वाराणसी में आगामी इक्कीस जनवरी से तीन दिवसीय पन्द्रहवें प्रवासी भारतीय सम्मेलन के लिये ऐढ़े गांव में लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है बयालीस एकड़ भूमि में फैले टेंट सिटी में सभी चौबीस क्लस्टरों में वाराणसी समेत भारत की ऐतिहासिक इमारतों जैसे सारनाथ का स्तूप अशोक स्तम्भ अशोक चक्र और प्रमुख घाटों के विशाल चित्रों को दर्शाया गया है टेंट सिटी में आठ बेड का अस्थाई अस्पताल स्थापित किया गया है और एक जिम खाने की भी व्यवस्था है मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा है कि आयोग आगामी लोकसभा चुनाव स्वतंत्र निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से कराने के लिए प्रभावी प्रणाली गठित कर रहा है

मुख्य निवार्चन आयुक्त ने कहा कि सभी मतदान मशीनों में मतदान पुष्टि पची मशीनें लगाई जायेंगी उन्होंने कहा कि जो लोग फर्जी समाचार के जरिये निर्वाचन आयोग की छवि धूमिल करने का प्रयास करेंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी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

एक ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने लोगों से नरेन्द्र मोदी ऐप और माई जी ओ वी ओपन फोरम पर अपने विचारों और सुझावों को साझा करने का आग्रह किया है

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू के कुलपति नागेश्वर राव ने कहा है कि इग्नू द्वारा संचालित सभी पाठ्यक्रमों में सीटों की संख्या बढाकर चार गुना की जायेगी इसके अलावा इग्नू शीघ्र ही अपने यहां पंजीकृत विद्यार्थियों क लिये ऑनलाइन कक्षाएं भी संचालित करेगा आज काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में आयोजित एक सेमिनार में भाग लेने के बाद मीडिया से बातचीत में श्री राव ने यह जानकारी दी उन्होंने कहा कि इग्न् कृषि विज्ञान से जुड पाठ़यक्रमों को विशेष महत्व देगा बाइट देश के हर कोने में हमारी जो शिक्षण व्यवस्था है वह पहुंचे और जिन क्षेत्रों में हमें काम करना है उसमें हमें देखना है जो हमारे छात्र है उनकी क्या आवश्यकता है कुछ क्षेत्र ऐसे है जिस पर ज्यादा परम्परागत विश्वविद्यालय और न दूरस्थ शिक्षा विश्वविद्यालय ज्यादा ध्यान दे रहे हैं जैसे कृषि हमें कृषि के क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने है हमें खुदरा जो व्यवस्थाएं है उसके तहत रोजगार बढ़ाने है जो रोजगार मूलक व्यवस्थाएं है शिक्षा की उस दिशा में भी हम लोग प्रयासरत है और जिन जिन क्षेत्रों में हमारे पास पाठ्यक्रम उपलब्ध नहीं है जिन जिन क्षेत्रों में जो हमारे पाठक है जो पढ़ने वाले है उन पाठ्यक्रमों को करना चाहते है उन पाठ्यक्रमों को हम लोग विकास करके उन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं प्रयागराज में उनचास दिन के कुंभ मेले में प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं इस मेले में सृजनात्मक गतिविधियों का बड़ा केंद्र कलाग्राम आकर्षण स्थल बना हुआ है ब्योरा हमारे संवाददाता से कलाग्राम में तेरह पबेलियनों का निर्माण किया गया है जहां पर सात सांस्कृतिक केन्द्र अपने हस्त शिल्प का प्रदर्शन कर रहे हैं साथ ही साहित्य अकादमी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय सांस्कृतिक केन्द्र और गांधी स्मृति और दर्शन समिति के पबेलियन भी यहां मौजूद हैं इन सबके बीच विभिन्न राज्यों के लोक कलाकार भी अपनी कला से लोगों का मन मोह रहे हैं प्रयागराज के पाण्डेय फोमिली के सदस्यों ने कहा कि उन्हें अलग अलग संस्कृति एक ही जगह पर देखने को मिल रही है इतनी सारी तैयारियां इतनी मेहनत और सब इस तरह से अलग अलग रंग अलग अलग चींजे तो वो एक साथ एक जगह देख के ही बहुत अच्छा लग रहा है

प्रदर्शन किया जा रहा है तो उस चीज में बहुत बेहतरी हुई है लोक कलाकर भी कुम्भ मेले के आयोजन की जमकर तारीफ कर रहे हैं

हरियाणा की यह ब्रिज लोककला है इसका प्रदर्शन करने के लिए पब्लिक बहुत आनन्द ले रही है यह कलाग्राम चार मार्च तक चलेगा

प्रयागराज में कुंभ मेला परिसर में स्थापित मीडिया सेन्टर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रयागराज में लगभग ढाई हजार प्रवासी भारतीय आ रहे हैं उन्हें विशेष बसों द्वारा प्रयाग लाया जायेगा और वह संगम अक्षयवट हनुमान मंदिर और टेंट सिटी का भ्रमण करेंगे उन्होंने कहा कि प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किये गये हैं मथुरा के गोवर्धन क्षेत्र के पर्यटन विकास की प्रदेश सरकार की योजना को केन्द्रोय पर्यटन मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है प्रासाद योजना के अन्तर्गत गोवर्धन के पर्यटन विकास की लगभग चालीस करोड़ रूपये की परियोजना को मंजूरी दी गई है इसके अलावा गोरखपुर देवीपाटन डुमरियागंज आध्यात्मिक सर्किट के पर्यटन विकास के लिये केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय ने स्वदश दर्शन योजना के तहत इक्कीस करोड़ रूपये से अधिक की योजना स्वीकृत की है गोवर्धन क्षेत्र में प्रासाद योजना के तहत सीसी टीवी कैमरा वाईफाई की स्थापना और गोवर्धन बस स्टेशन पर ढाई सौ कारों की क्षमता वाली मल्टीलेविल कार पार्किंग और सुलभ प्रसाधन जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जायेंगी स्वदेश दर्शन योजना के तहत गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर परिसर के मेला ग्राउंड का विकास किया जायेगा मंदिर परिसर में तीर्थयात्रियों के लिये रूकने की व्यवस्था भी की जायेगी